इस कार्यक्रम में देश भर के लाखों किसान सहकारी समितियां और आम नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने एक लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाने को मंजूरी दी थी इस कोष से कृषि संबंधी ब्रनियादी संरचना के लिए संस्ते कर्ज दिए जाएंगे जिससे ग्रामीण इलाको में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसरों का सुजन होगा

पीएम ओएफसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले समुद्र तल पर बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल का लोकार्पण करेंगे इस ऑप्टिडकल केबल से भारत के अन्य हिस्से की तरह ही अंडमान और निकोबार द्वीप समृह में तेज और विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन द्रसंचार सेवा पहंच सकेगी इस योजना से अंडमान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और ट्र ऑपरेटर्स कहीं से भी बुकिंग कर सकेंगे सीएम सुशासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम आदमी की जिन्दगी सरल हो उसे किसी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े यही सुशासन है और इसे लागू करने के लिए मध्यप्रदेश में जो पूर्व में कार्य हुआ है उसे तकनीकी सहयोग से अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुड गवर्नेन्स से ई गवर्नेन्स और अब हम एम गवर्नेन्स की ओर जा रहे हैं मुख्यमंत्री कल आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से श्रृंखलावद्व हो रहे वेबीनार के दूसरे दिन सुशासन पर केन्द्रित विचार विमर्श का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे श्री चौहान ने कहा कि आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय रहेगा इन प्रयासों को बेहतर ढंग से करते हुए प्रदेश के नागरिकों के जीवन में संतुष्टि और जीवन के आनंद का स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा मीना सिंह प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा है कि प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल एवं वन्य प्राणियों से गहरा लगाव रहा है वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की कल समीक्षा के दौरान सुश्री सिंह ने कहा कि आदिवासियों ने वन क्षेत्रों में निवास करते हुए जल जंगल जमीन और वन्य प्राणियों की रक्षा की है इस वजह से ही आदिवासी क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणियों की भरमार है इसी बात को ध्यान में रखते हए प्रदेश में राज्य सरकार ने आदिवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है

विदिशा रायसेन सीहोर होशंगाबाद बैतूल अशोकनगर गुना शिवपुरी श्योपुरकला अनूपपुर शहडोल उमरिया डिंडोरी सिवनी मंडला बालाघाट सागर छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है जबकि भोपाल होशंगाबाद चंबल ग्वालियर व शहडोल संभागों और सिवनी मंडला व बालाघाट जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है इसके अलावा जबलपुर रीवा उज्जैन और इंदौर संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के नरसिंहपुर जबलपुर पचमढ़ी और खंडवा में तेज वर्षा हुई

राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बादल छाए हुए हैं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है